इससे पहले दिन में केन्द्रीय ग़्ह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी और आश्वस्त किया था कि मोदी सरकार उनकी स्रक्षा तथा कल्याण की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज यह जानकारी दी

प्रदेश मंत्री विभाग प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का बंटवारा कर दिया है आधिकारिक जानकारी के अन्सार नरोत्तम मिश्रा को गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग त्लसीराम सिलावट को जल संसाधन कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि विभाग गोविंद्र सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता तथा मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौपी गयी केन्द्रीय दल निरीक्षण केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के इंदौर के लिये गठित दल ने इंदौर शहर का भ्रमण कर कोरोना वायरस से निपटने के लिये किये जा रहे प्रबंधों जनहितैषी व्यवस्थाओं लॉकडाउन के पालन की स्थिति कोरेंटाइन सेंटरों आदि का निरीक्षण किया आधिकारिक जानकारी के अन्सार केन्द्रीय दल ने यहां चोइथराम सब्जी मण्डी अनाज मण्डी कंटेनमेंट एरिया कोरेंटाइन सेंटर तथा लॉ ओमनी गार्डन पह्चंकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया संभागाय्क्त आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर मनीष सिंह ने दल के सदस्यों को व्यवस्थाओं की जानकारी दी

सागर जिले में दो कोरोना पाजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है

यहां पर टेंट के अलावा क्र्सी व टेबल की व्यवस्था की गई जिससे छात्रों को परेशानी ना हो

शहडोल जिले में कोरोना और लॉकडाउन के कारण ग्रामीण परिवेश में बदलाव आ रहा है घर में रहने की अपील के बाद कई बिखरे परिवार एक ज्ट नजर आ रहे हैं ज्यादतर प्रुष अपने घर में बच्चों के साथ समय ग्जार रहे हैं शराबखोरी कम हुई है